कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

केन्द्र ने कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण की रणनीति की कल घोषणा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हई बैठक में यह फैसला लिया गया इस चरण में सभी सरकारी टीकाकरण केन्द्रों पर पात्र लोगों को पहले की तरह मुफ्त टीके लगाये जायेंगे

वैक्सीन निर्माता राज्य सरकारों तथा खुले बाजार में उपलब्ध होने वाली वैक्सीन की कीमत पारदर्शी रूप से पहले से ही घोषित करेंगे

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य कोरोना संक्रमितों को जरूरी दवाएं और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने पर नाराजगी जताई है चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मुख्य सचिव से जरूरी दवाएं समय पर उपलब्ध कराने को कहा है सुनवाई के दौरान एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका का जिक करते हुए अदालत ने सरकार को हाई कोर्ट को स्वास्थ्य केंद्र को कोविड अस्पताल में तब्दील करने और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के साथ सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार हजार दो सौ नब्बे नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है वहीं कोरोना से छियालीस लोगों को मौत भी हुई है इसके साथ ही सकिय मरीजों की संख्या अब तीस हजार चार सौ सतहत्तर पहुंच गई है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रांची में सबसे अधिक एक हजार चार सौ चार संक्रमित पाये गये हैं

जबकि राज्य में कोरोना से एक हजार सात सौ सतहत्तर मरीज ठीक भी हुए हैं

झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट घटकर अस्सी दशमलव आठ सत प्रतिशत हो गई है पश्चिमी सिंहभूम जिले में टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गयाहै अबतक सवा लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका दिया जा चुका है

इस दौरान जरुरी सेवाएं बाधित नहीं हो इसका ध्यान रखने का भी आग्रह किया है अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने कहा कि राज्य में संकमण की चेन नियंत्रित करने के उददेश्य से प्रदेश में सेल्फ लॉकडाउन की पहल की गई है

सांसद निशिकांत दुबे ने भी जिले वासियों को सभी तरह की सहायता देने की घोषणा की है

सिविल सर्जन डॉ हिमांशु भूषण ने बताया कि जिले में कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर चार हजार एक सौ बत्तीस हो गई है जिसमें तीन सौ नवासी सक्रिय मामले हैं वहीं जिले के कुचाई प्रखंड में लगने वाले सप्ताहिक हाट में जागरूकता अभियान चलाया गया अभियान के दौरान दुकानदारों से कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करने के लिए कहा गया इधर कोरोना के बढ़ते संकमण को देखते हुए कई परीक्षाएं स्थगित और रदद कर दी गई है आईसीएसई ने दसवीं की परीक्षा पूरी तरह रद्द कर दी है अब इसमें कोई विकल्प नहीं होगा इससे पहले सोलह अप्रैल को जारी सर्कलर में कहा गया था कि जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं देना चाहते हैं वे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट ले सकते हैं वहीं जो देना चाहते हैं उन्हें इसके लिए इंतजार करना होगा आईसीएसई ने कल जारी सर्कुलर में इस विकल्प को समाप्त कर दिया है इधर झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने दो मई को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है

प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे इन शहरों में काम कर रहे अपने सहयोगियों से संपर्क बनाये रखें और उन्हें ऑनलाइन परामर्श दें ताकि सभी नियमों का सही ढंग से पालन किया जा सके प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के मुद्दे और टीकाकरण अभियान की प्रगति के बारे में देशभर के प्रमुख डॉक्टरों से वर्च्यअल माध्यम से बातचीत की उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि कोविड उपचार और रोकथाम से संबंधित कई भ्रांतियों और अफवाहों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए श्री मोदी ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मुश्किल समय में लोग घबराहट के शिकार न हों प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए समुचित उपचार के साथ अस्पतालों में भर्ती मरीजों की काउंसिलिंग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए उन्होंने डॉक्टरों को आपात स्थिति के मामले में अन्य बीमारियों के उपचार के लिए टेलीमेडिसन का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया खूंटी थाना क्षेत्र के बारूडीह गांव से पुलिस ने करीब चौदह सौ किलो अवैध अफीम का डोडा लदा पिकअप वैन जब्त किया है साथ ही डोडा को बिक्री करने के लिए ले जाने वाले तस्कर राम सिंह मुंडा को भी गिरफ्तार किया है

आदिवासी समुदाय द्वारा सेंदरा की तिथि की घोषणा के साथ ही वन विभाग सक्रिय हो गया है शिकार पर्व पर जानवरों का शिकार न हो इसके लिए वन विभाग ने ग्रामीणों को जागरूक करना शुरू कर दिया है

पुलिस के मुताबिक तीनों की हत्या किसी धारदार हथियार से निर्मम तरीके से की गयी है

राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने एक मई से अट्ठारह वर्ष से उपर के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने लिखा है अट्ठारह से उपर के सभी लोग एक मई से ले सकेंगे कोविड टीका

वहीं हिन्दुस्तान ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए सरकार को दिये गये निर्देश की खबर को अपनी लीड बनाई है दैनिक जागरण ने एक मई से हर बालिग को टीका पीएम मोदी की अध्यक्षता में हई बैठक में टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर मुहर शीर्षक को अपनी सुर्खी बनाई है